वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद बयानबाजी करने का लगाया आरोप

प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल को अपना नामांकन पत्र दिया वहीं कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अमित नंदा ने भी अपना पर्चा भरा इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर मौजूद रहे बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में धनीराम शांडिल ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में रेल और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के नेटवर्क को मजबूत करना और पर्यटन अधोसंरचना को सुदढ़ करने के अलावा सेब बागवानों के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकताएं हैं उधर मण्डी संसदीय क्षेत्र से माकपा के उम्मीदवार दलीप सिंह कायथ और निर्दलीय देवराज भारद्वाज ने अपने अपने पर्चे भरे इसी तरह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने वालों में हिमाचल जन क्रांति के सुभाष चन्द शर्मा नव भारत एकता दल के प्रेम चन्द विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी के केहर सिंह और स्वाभिमान पार्टी के स्वरूप सिंह राणा ने नामांकन पत्र दाखिल किए जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि देश धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो रहा है और इन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन होगा कांगड़ा जिला के राजा का तालाब में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये हाल सबसे पुरानी पार्टी का है जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी है और अनुशासन भी दिखाई नहीं देता है उन्होंने कहा कि चार लोकसभा सीटों पर तीन किश्तों में प्रत्याशी घोषित करने से कांग्रेस का दमखम स्पष्ट होता है वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास बोलने को कुछ नहीं है और वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं इस बीच जयराम ठाक्र ने ज्वाली में पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर के पक्ष में एक अन्य जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रयोग की जा रही बेबुनियाद बयानबाजी स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए खतरा है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कर देश का नाम उंचा किया है मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री ने आज नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमण्डल में फेरबदल किया जाएगा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मंत्रियों और विधायकों की कार्यप्रणाली के आधार पर ही मंत्रिमण्डल में बदलाव किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव प्रचार में भाजपा बहुत आगे है जबकि कांग्रेस इसमें पिछड़ चुकी है उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है जिसका आम लोगों में प्रभाव है जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सांसद सुरेश चंदेल का कांग्रेस में शामिल होने का दुख है और इसकी भरपाई की जाएगी सुरेश कश्यप प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण में चार लोकसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के शोघी घणाहट्टी और कोहबाग सहित विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर चुनाव प्रचार किया इस मौके उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला से सटे शिमला ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके अभी भी विकास की दृष्टि से अछूते हैं उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों सहित अन्य वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर उन्हें लाभान्वित किया है वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलोह लम्बलू और बोहनी सहित अन्य स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि राफेल मामले पर अदालत में राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफीनामा देकर खेद जताया है जो कांग्रेस के झूठ पर मोहर लगाता है अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राफेल मामले पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए बोले गए झूठ पर उच्चतम न्यायालय में माफी मांगने से कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ है घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कोट हटवाड़ तड़ौन डंगार और करलोटी सहित विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाओं के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी उत्तेजना और राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ताक पर रख दिया है अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि झूठ बोलना और तथ्यों से हेरफेर कर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत है आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास के मुददे पर देश की जनता का ध्यान बांट रहे हैं

आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन उसका वे कोई जवाब नहीं दे रहे इसी तरह कृषि फसल की लागत का डेढ़ गुणा किसानों को देने और काला धन वापिस लाने के मुददे पर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं

इसी कड़ी में किन्नौर के जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने रन फोर वोट के तहत एक मैराथन दौड़ को आज रिकांगपिओ में हरी झंडी दिखाकर रवान किया

जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने बताया कि इस आयोजन में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के करीब तीन हजार बच्चे हिस्सा लेंगे इधर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हरि देवी और कमला नगर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्वीप कार्यक्रम के तहत नालागढ़ के राजपुरा विद्यालय के स्वयंसेवियों ने राम शहर और कुमारहट्टी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया चुनाव प्रबंध लाहौल दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी प्रबंध किए जा रहे हैं इसी कड़ी में लाहौल स्पिति जिला के सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने आज केलंग में माईक्रो पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की